प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सिंगापुर में पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के पूर्ण अधिवेशन में हिस्सा लेने के बाद स्वदेश रवाना हो गये हैं सम्मेलन से पहले आसियान के दस देशों और भारत अमरीका रूस ऑस्ट्रेलिया दक्षिण कोरिया चीन जापान और न्यूजीलैंड के नेताओं ने दोपहर के भोजन के दौरान अनौपचारिक बातचीत की उद्घाटन भाषण में अधिवेशन के वर्तमान अध्यक्ष सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियेन लूंग ने बताया कि सभी नेताओं के बीच अच्छी वार्ता हुई इससे पहले प्रधानमंत्री ने आसियान भारत अनौपचारिक सम्मेलन में आसियान नेताओं के साथ विचार विमर्श किया उन्होंने इस बैठक को बड़ी उपयोगी बताया प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत के आसियान के साथ मजबूत संबंधों से दुनिया में शांती और खुशहाली को संभावना बढ़ रही है

कैडेटों के अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत सिंगापुर गए इन कैडेटों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने यादगार अनुभव साझा किए केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगले तीन वर्षों में देश नक्सलवाद की समस्या से मुक्त हो जाएगा रायपुर में आज पत्रकारों से बातचीत में गृहमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद लगभग समाप्त होने को है

श्री सिंह ने उग्रवादियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्म समर्पण करने की अपील की है उन्होंने कहा कि ऐसा करने वालों को पुनर्वास नीति के फायदे मिलेंगे प्रदेश सरकार द्वारा सोलर फोटोवाल्टाइक इरोगेशन पम्प लगाने के लिए सत्तर प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने लखनऊ में बताया कि दो से तीन हार्स पॉवर के सोलर पम्प पर सत्तर प्रतिशत का अनुदान तथा पांच हार्स पॉवर के सोलर पम्प पर चालीस प्रतिशत का अनुदान दिया जायेगा श्रो शाही ने कहा कि सोलर पम्प लगवाने के इच्छुक किसान दस दिसम्बर तक कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराते हुए अपने अंश की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जमा कर दे उन्होंने कहा कि यह अनुदान पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जायेगा दो हार्स पॉवर के लिए पचास हजार आठ सौ बीस तीन हार्स पॉवर के लिए अस्सी हजार नौ सौ छियानवे तथा पांच हार्स पॉवर के लिए दो लाख पांच हजार दो सौ रूपये का ड्राफ्ट कृषक अंश के रूप में जमा कराना होगा

उन्होंने नई दिल्ली में कल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सीबीडी टी मंडप का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी

सीबीडीटी अध्यक्ष ने बताया कि नोटबंदी से देश का कर आधार बढ़ाने में मदद मिली है शहरी और आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी न कहा है कि केंद्र सरकार घर खरीदने वालों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है आज नई दिल्ली में एक समारोह में श्री पुरी ने कहा कि भूसंपदा नियामक प्राधिकरण रेरा भूसंपदा उद्योग में मौजूद अनियमितताओं को दूर कर रहा है और इससे भू संपदा उद्योग में सकारात्मक बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं आयुष मंत्रालय में सचिव राजेश कोटेचा ने आज गिलोय को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाने पर जोर दिया है यह बेल मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है नई दिल्ली में आयोजित गिलोय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्हाने कहा कि औषधीय पौधों को बढ़ावा देने और उनके प्रमाणीकरण की अवधारणा होनी चाहिए ताकि उन्हें विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने में मदद मिल सके कानपुर के चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में चल रही तीन दिवसीय यूपी डिफेंस एक्सपो में दूसरे दिन आज कई विषयों पर सेमिनार का आयोजन किया गया वक्ताओं ने युवाओं का स्टार्टअप के लिए आगे आने का आह्वान करते हुए सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए कहा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

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सहकारिता किसानों के आर्थिक विकास का एक सशक्त माध्यम है

उन्होंने कहा कि सहकारिता एक समुद्र है और इसमें विकास के लिए सब कुछ समाया हुआ है उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्नाथ के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद आम जनता के लिए निरन्तर कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब किसान और मजदूर सहित सभी को लाभान्वित किया जा रहा है उन्होंने कहा कि किसान अन्नदाता है और उनकी हर संभव मदद की जानी चाहिए भारत दर्शन यात्रा ट्रेन रामायण एक्सप्रेस के आज अयोध्या पहुंचने पर वहां के साधु संतों ने तीर्थयात्रियों का गर्मजोशी क साथ स्वागत किया देशभर के विभिन्न स्थानों से इस ट्रेन पर लगभग आठ सौ दशनार्थी सवार है यह विशेष रेलगाड़ी भगवान श्रीराम के जोवन कथा से जुड़े विभिन्न स्थानों पर जायेगी दर्शनार्थियों ने केन्द्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि इस विशेष रेलगाड़ी के माध्यम से हमारे आराध्य मर्यादा पुरूषोत्तम राम से जुड़े विभिन्न स्थानों को देखना संभव हुआ है छत्तीस घंटे यहां प्रवास के बाद यह रेलगाड़ी कल सांय यहां से रवाना होगी तथा तीर्थयात्री अन्य स्थानों वाराणसी प्रयाग तथा चित्रकूट में भगवान राम से जुड़े स्थानों के दर्शन कर सकेंगे मानसून सीजन में लम्बी बंदी के बाद पीलीभीत स्थित टाइगर रिजर्व आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया

सैलानियों ने भ्रमण के लिए यहां चूका बीच पर हटों को पहले ही आरक्षित करा लिया है एक रिपोर्ट पीलीभीत टाइगर रिजर्व के सबसे खूबसूरत स्थल चूका पिकनिक स्पाट की हटों को रंग रोगन करके नया रूप दिया गया है पर्यटकों ने एक सप्ताह के लिए हटों की अग्रिम बुकिंग कराई है सप्त सरोवर बायफरकेशन और सायफन के दीदार पर्यटक सफारी गाड़ियों से कर रहे हैं बाघ तेन्द्रआ भालू हिरन चीतल आदि वन्य जीवों की उछलकूद पर्यटकों को लुभा रही है इस बार जंगल में पॉलिथीन का प्रयोग प्री तरह प्रतिबंधित किया गया है वन विभाग की वेबसाइट पर हटों की ऑन लाइन बुकिंग की सुविधा दी गई है सतीश मिश्र आकाशवाणी समाचार पीलीभीत

कार्यक्रम में सात प्रदेशों की बाईस छावनियों से आये लगभग एक हजार एक सौ छात्र छात्राएं और शिक्षक भाग ले रहे हैं लखनऊ स्थित साक्षरता भवन में आज से फिल्म एवं टेलीविजन इंस्ट्टीयूट ऑफ इंडिया एफटीआईआई की लगभग तीन सप्ताह तक चलने वाली कार्यशाला आयोजित की जा रही है कार्यशाला का श्रभारम्भ संस्थान के निदेशक भूपेन्द्र कथोला ने किया श्री कैथोला ने बताया कि यह अपनी तरह की पहली कार्यशाला है और इस कार्यशाला में देशभर से चुने गये पच्चीस युवा प्रशिक्षण ले रहे हैं उड़न परी के रूप में प्रख्यात एथलीट पीटी ऊषा ने आज मेरठ के एक शिक्षण संस्थान में गर्ल एंपावरमेंट के अन्तर्गत छात्र छात्राओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित किया उन्होंने कहा कि बेटिया आज किसी से कम नहीं है और देश का नाम रौशन कर रही है